इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह गलियारा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में बहुत मददगार होगा और किसान रेलगाड़ियों की मदद करेगा उत्तर प्रदेश में स्थित तीन सौ इंक्यावन किलोमीटर लंबे इस खंड के निर्माण पर पांच हजार सात सौ पचास करोड़ रुपये की लागत आई है इस मालवाहक गलियारे के खुलने से मौजूदा कानपुर दिल्ली लाइन पर भीड़ भाड़ कम होगी और रेलवे ज्यादा तेजी से रेलगाड़ियां चला सकेगा श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्र के लिए विकास में संपर्क सुविधा का उतना ही महत्व है जितना शरीर में रीढ की हड्डी और धमनियों का होता है उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि यह भावी पीढियों के लिए है मैं यहां एक और मानसिकता का भी जिक्र करना जरूरी समझता हूं जो अक्सर हम प्रदर्शनों और आंदोलनों के दौरान देखते हैं यह मानसिकता देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की है हमें याद रखना चाहिए कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर ये संपत्ति किसी नेता की किसी दल की किसी सरकार की नहीं है ये संपत्ति देश की है ये संपत्ति आपकी है देश के नागरिकों की है हमारे हर गरीब का हर करदाता का मध्यम वर्ग का समाज के हर वर्ग का इसके पसीना लगा हुआ है उसका पैसा लगा हुआ है इसको लगने वाली हर चोट देश के गरीब देश के सामान्य जन को चोट इसलिए अपना लोकतांत्रिक अधिकार जताते हुए हमें अपने राष्ट्रीय दायित्वों को भी नहीं भूलना चाहिए

प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि किसान रेल सेवा किसानों की आमदनी बढ़ाने का एक प्रयास है इससे खेती से जुड़ी अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान रेल सेवा किसानों के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दिखाती है केन्द्र किसान बातचीत केन्द्र सरकार ने तीन कृषि कानूनों को लेकर गतिरोध समाप्त करने के लिए प्रदर्शनकारी किसान संगठनों को कल बातचीत के लिए आमंत्रित किया है केन्द्र सरकार और किसानों के बीच यह छठे दौर की बातचीत होगी केन्द्र ने चालीस किसान संगठनों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है बैठक में कृषि कानूनों के अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य वायु गुणवत्ता और बिजली से जुड़े कानूनों पर भी चर्चा होगी दूसरी ओर छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन ने केन्द्र सरकार द्वारा लाए गए संशोधित कृषि कानूनों का विरोध करते हुए कल बालोद जिले के सुरेगांव में एक आमसभा का आयोजन किया इस मौके पर किसान नेताओं ने केन्द्र सरकार से इन कानूनों को रद्द करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य गांरटी कानून बनाए जाने की मांग की किसान संघ के नेताओं ने धान खरीदी में आ रही विभिन्न समस्याओं के लिए राज्य सरकार की नीतियों की भी आलोचना की धान खरीदी राज्य में समर्थन मूल्य पर अब तक कशीब बयालीस लाख अस्सी हजार मीटरिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है प्रदेश के लगभग ग्यारह लाख उन्नीस हजार किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेचा है इस बीच प्रदेश में धान के अवैध भंडारण और परिवहन के खिलाफ कार्रवाई जारी है बस्तर जिला कलेक्टर रजत बंसल और पुलिस अधीक्षक दीपक झा ने धान का अवैध परिवहन रोकने के लिए बीती देर रात अंतर्राज्यीय जांच नाकों का आकस्मिक निरीक्षण किया इस दौरान उन्होंने ड्यूटी पर पदस्थ कर्मचारियों के अनुपस्थित रहने पर नाराजगी जताई जिला कलेक्टर ने अनुपस्थित कर्मचारियों के खिलाफ नोटिस जारी कर कडी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं वहीं महासमुंद जिले में भी अवैध रूप से धान भंडारण के दस अलग अलग मामलों में करीब एक सौ अट्ठाईस क्विंटल धान जब्त किया गया है आरक्षक भर्ती प्रदेश में वर्ष दो हजार अट्ठारह में आरक्षकों की भर्ती के लिए जारी विज्ञापन के संदर्भ में चयन समिति गठित कर दी गई है इसके माध्यम से छह सौ पचपन आरक्षकों की भर्ती की जानी है यह जानकारी गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कल विधानसभा में एक सवाल के जवाब में दी उन्होंने बताया कि इसके लिए एक लाख सत्ताईस हजार चार सौ दो उम्मीदवारों ने आवेदन किया है उन्होंने बताया कि आरक्षक भर्ती प्रक्रिया पांच चरणों में पूरी होगी इसके लिए बिलासपुर रायपुर दुर्ग और सरगुजा संभाग के लिए अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्तियां कर दी गई हैं लोकवाणी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोकवाणी में इस बार युवाओं से बातचीत करेंगे इस संबंध में कोई भी व्यक्ति आकाशवाणी रायपुर के दूरभाष नंबर शून्य सात सात एक दो चार तीन शून्य पांच शून्य एक पांच शून्य दो और पांच शून्य तीन पर कल दोपहर तीन से चार बजे के बीच फोन करके अपने सवाल रिकॉर्ड करा सकते हैं मुख्यमंत्री की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की चौदहवीं कड़ी का प्रसारण आगामी दस जनवरी को किया जाएगा इसका प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एफएम रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह साढ़े दस बजे से ग्यारह बजे तक किया जाएगा

इसके लिए जारी आदेश में कहा गया है कि कोविड नाइंटीन के नए और सक्रिय मामलों में लगातार कमी आ रही है लेकिन वैश्विक स्तर पर संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी और ब्रिटेन में वायरस का नया रूप सामने आने के बाद निगरानी रोकथाम और सतर्कता बनाए रखने की आवश्यकता है इस सिलसिले में कंटेनमेंट क्षेत्रों का सावधानी से सीमांकन इन क्षेत्रों में रोकथाम के निर्दिष्ट उपायों का कड़ाई से पालन कोविड से बचाव के उपयुक्त व्यवहार को प्रोत्साहन और इनका सख्ती से अनुपालन तथा विभिन्न स्वीकृत गतिविधियों में मानक संचालन प्रक्रिया का पालन जारी रहेगा छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में भी नये साल के आगमन और आगामी इधर त्यौहारों को देखते हुए कोरोना संक्रमण के मामलों पर रोक लगाने के उद्देश्य से दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं इसी कड़ी में महासमुंद के जिला कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने कोरोना संक्रमण से बचाव संबंधी उपायों का पालन सुनिश्चित करने के लिए आदेश जारी किया है इसके अनुसार नये साल पर कार्यक्रमों का आयोजन रात साढ़े बारह बजे के बाद नहीं किया जा सकेगा साथ ही ऐसे कार्यक्रमों में छोटे बच्चों और बुजुर्गो के प्रवेश पर रोक रहेगी आयोजकों को कार्यक्रम स्थल पर सैनिटाईजर थर्मल स्क्रीनिंग ऑक्सीमीटर और हैंड वॉश की व्यवस्था करनी होगी निर्देशों का उल्लंघन करने पर आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी वहीं राज्य में बीते चौबीस घंटों के दौरान कोरोना संक्रमित ग्यारह सौ अट्ठयासी नये मरीज मिले हैं इसे मिलाकर प्रदेश में अब तक मिले कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दो लाख छिहत्तर हजार को पार कर गई है राज्य में अब तक तैंतीस सौ से अधिक व्यक्तियों की कोविड नाइंटीन की वजह से मृत्यु हो चुकी है कोरोना टीकाकरण केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज बताया है कि देश में कोविड नाइंटीन टीकाकरण का अभ्यास असम आंध्र प्रदेश पंजाब और गुजरात राज्यों में सफलतापूर्वक किया गया इस अभ्यास का उद्देश्य टीकाकरण की चनौतियों की पहचान करना और योजना में अपेक्षित परिवर्तन करना है ताकि इस पूरी प्रक्रिया को बाधारहित बनाया जा सके स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न कामों के लिए विशेष दलों का गठन किया गया और लाभार्थियों के आंकडे टीके के आंबटन और टीकाकरण के काम में लगे कर्मचारियों और टीका दिए जाने वाले लोगों के बीच संपर्क जैसे अभ्यास किए गए मंत्रालय ने बताया कि दो दिन के इस अभ्यास से विभिन्न स्तर पर कार्यक्रम प्रबंधकों को आवश्यक अनुभव उपलब्ध होगा इससे कोविड टीकाकरण की जांच करने तथा कोविन के उपयोग से संबंधित चुनौतियों की पहचान करने में मदद मिलेगी इस अभ्यास के दौरान टीकाकरण के बाद के संभावित दुष्प्रभावों के प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है अभ्यास के दौरान मिली जानकारी और सुझाव राज्यों और केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को उपलब्ध कराए जाएंगे

इन महिला माओवादियों पर कुल सात लाख रूपए का इनाम घोषित था इन महिला माओवादियों की पहचान मलांगिर एरिया कमेटी मेम्बर और मिलिट्री दलम की प्रमुख आयते मंडावी और मिलिट्री दलम सदस्य बिज्जे मरकाम के रूप में हुई है इन महिला माओवादियों पर कई बड़ी वारदातों में शामिल रहने का आरोप है जिले के पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के जवान गश्त पर निकले थे इस दौरान कुंआकोंडा ब्लॉक के नहाड़ी ककाड़ी के जंगलों में माओवादियों के साथ यह मुठभेड़ हुई मौके से एक पिस्टल और एक रायफल भी बरामद की गई है वहीं बीजापुर जिले के बासागुड़ा थाना क्षेत्र से सुरक्षा बलों ने एक आईईडी बरामद किया है इसे मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया गया माओवादियों ने सुरक्षा बलों को क्षति पहंचाने के उद्देश्य से यह विस्फोटक तर्रेम सिलगेर सड़क मार्ग पर लगा रखा था जिला पुलिस बल डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की

राजस्व पटवारी संघ के पदाधिकारियों ने कल राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल से मुलाकात की और अपनी विभिन्न मांगों से उन्हें अवगत कराया इस दौरान श्री अग्रवाल ने पटवारी संघ की मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया इसके बाद पटवारियों ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया गौरतलब है कि अपनी नौ सूत्रीय मांगों को लेकर राजस्व पटवारी संघ बीते चौदह दिसम्बर से प्रदेशभर में अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे थे राज्यपाल बैगा जनजाति राज्यपाल अनुसुईया उइके ने मंडला जिले के कान्हा किसली प्रवास के दौरान विशेष बिछड़ी बैगा जनजाति की समस्याओं को जाना और उनसे सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने को कहा प्रवास के दौरान बैगा समुदाय के लोगों ने राज्यपाल के समक्ष पारंपरिक नृत्य का प्रदर्शन किया राज्यपाल ने बैगा नृत्य दल को एक लाख रूपए का स्वेच्छा अनुदान देने की घोषणा की सुश्री उइके ने बैगा कलाकारों से भेंट की और उनकी कलाकृतियों का निरीक्षण भी किया नगरनार इस्पात संयंत्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने छत्तीसगढ़ सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है कि यदि बस्तर जिले के नगरनार में निर्माणाधीन इस्पात संयंत्र का विनिवेश किया जाता है तो उस स्थिति में राज्य सरकार उस संयंत्र को खरीदने के लिए तैयार है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने एक बयान जारी कर कहा है कि राज्य सरकार के इस फैसले से स्थानीय बेरोजगारों को लाभ होगा और बस्तर क्षेत्र के विकास में तेजी आएगी इस बीच छत्तीसगढ़ ट्रेड यूनियन के संयुक्त मंच ने भी राज्य सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है गौरतलब है कि कल राज्य विधानसभा में इस संबंध में एक शासकीय संकल्प को सर्वसम्मति से पारित किया गया है संक्षिप्त समाचार प्रदेश में शिक्षक संवर्ग की सीधी भर्ती के संबंध में उम्मीदवारों द्वारा प्राथमिकता का क्रम निर्धारण करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर सात जनवरी कर दी गई है दर्ग स्थित दाऊ वासुदेव चंद्राकर कामधेन् विश्वविद्यालय की रिक्त सीटों पर ऑनलाईन प्रवेश की तिथि बढ़ाकर सात जनवरी कर दी गई है

इस अधिकारी पर आरोप है कि उसने एक व्यक्ति की एफआईआर दर्ज नहीं की जिससे परेशान होकर संबंधित व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली

इनके पास से नगद राशि के अलावा प्रेस तथा पुलिस के फर्जी पहचान पत्र भी बरामद किए गए हैं भाजपा के प्रदेश महामंत्री और रायपुर संभाग के प्रभारी भूपेन्द्र सवन्नी कल रायपुर के एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में जिला अध्यक्ष महामंत्री और जिला प्रभारियों की बैठक लेंगे